मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किसानों को जल्द मुआवजा देने की बात कही थी इधर बाड़मेर जिले में टिडडी नियंत्रण के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया

राज्य चुनाव आयोग के सचिव श्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि पहले चरण में मतदान के लिए व्यापक तैयारियों की गई हैं

मतगणना भी मतदान के तुरन्त बाद होगी

इसमें देशभर से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक भाग लेंगे

इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो एप ओपन फोरम या माय जीओवी पर भेज सकते है

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने राष्ट के मन में एक विशेष स्थान बनाया है श्री नरवणे ने कहा कि हमें अपने मूल्यों आचार और नागरिकों द्वारा किए गए भरोसे को बनाए रखने के संकल्प में मजबूत बने रहना है

अजमेर मुख्यालय पर प्रायोगिक परीक्षा नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है उन्होंने बताया कि अजमेर में परीक्षाओं से संबंधित विशेष उड़न दस्तों के संयोजकों को प्रायोगिक परीक्षाओं का औचक निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट उसी दिन बोर्ड मुख्यालय को पेश करने के निर्देश दिये गये हैं

जयपूर में आमेर रोड स्थित जल महल की पाल पर वार्षिक पतंग उत्सव मनाया गया

पशुपालन विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं ने कल विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर पतंगबाजी में घायल हुए सैकड़ों पक्षियों का उपचार कर जान बचाई